उदयपुर के डबोक हवाई अडडे से पांच उडाने शुरू होगी बीकानेर किशनगढ़ से भी पुरानी उड़ाने फिर चलेगी जयपुर एयरपोर्ट के निदेशक जेएस बलहारा ने आकाशवाणी को बताया कि इसके लिए सभी तैयारियां पूरी की जा चुकी है सभी यात्रियों को अनिवार्य रूप से सोशल डिस्टेंसिंग का पालना करना होगा यात्रियों को दो घंटे पहले एयरपोर्ट पहंचना होगा वहीं सभी यात्रियों को आरोग्य सेत एप डाउनलोड करना जरूरी होगा यात्रियों की जांच के लिए सभी हवाई अडडों पर चिकित्सकों की ्टीमें लगाई गई है चिकित्सा विभाग के एयरपोर्ट नोडल अधिकारी डॉ सुरेश भण्डारी ने आकाशवाणी को बताया कि सभी आने जाने वाले यात्रियों की जांच की जाएगी

जहां से ये प्रवासी रेल द्वारा छत्तीसगढ़ के लिए प्रस्थान करेंगे

अजमेर जिला कलक्टर विश्वमोहन शर्मा ने बताया कि इन लोगों को कल रोडवेज की श्रमिक स्पेशल बसों से जयपुर भेजा गया जयपुर से छत्तीसगढ जाने वाली विशेष रेलगाडी में इन्हें बैठाया जाएगा

राजस्थान रोडवेज से मिली जानकारी के अनुसार इन बसों के लिए ऑनलाइन पंजीयन करवाया जा सकता है एक अस्थि कलश के साथ दो लोग निःशुल्क यात्रा कर सकते है

श्री गहलोत ने कल जयपुर में अधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक में यह निर्देश दिए उन्होंने कहा कि लॉकडाउन और कोरोना संक्रमण के दौरान प्रदेशवासियों की व्यावहारिक दिक्कत को दूर करने के लिए व्यावसायिक गतिविधियों के संचालन में आवश्यकतानुसार छूट दी गई है सरकार आने वाले समय में नियमित हवाई और रेल आवागमन के और खुलने से होने वाले संभावित संक्रमण के बारे में भी सतर्क है

उन्होंने कहा कि जो यात्री केवल कुछ दिनों के लिए राजस्थान में रूकेंगे उनके लिए यहां आने से पहले या यहां पहुंचते ही आरटी पीसीआर टेस्ट करवाना अनिवार्य होगा ऐसे व्यक्ति को टेस्ट रिपोर्ट नेगेटिव आने तक क्वारंटाइन में रहना होगा

टिड्डियों के ये दल जयपुर शहर में भी पहुंच गए कल शाम और आज सुबह राजधानी जयपुर के मुरलीपुरा और झोटवाडा ईलाके में भारी संख्या में टिड्डी के दल देखे गये इन पर नियंत्रण के लिए केन्द्र और राज्य सरकार की ओर से कई कदम उठाये जा रहे है

जोधपुर से हमारे संवाददाता ने बताया कि टिड्डी दलों पर अब ड्रोन से एयर सर्विलांस के साथ पेस्टीसाइड स्प्रे किया जा सकेगा

सरकार ने कृषि विभाग को इसकी अनुमति दे दी है ड्रोन इस्तेमाल के लिए फरीदाबाद स्थित पादप सुरक्षा संगरोध और भण्डारण निदेशालय को इसकी नोडल एजेंसी बनाया गया है जोधपुर स्थित टिड्डी चेतावनी संगठन भी इसी निदेशालय के अंतर्गत आता है देश में पहली बार टिड्डी को खत्म करने के लिए ड्रोन उपयोग में लिए जा रहे हैं

कोरोना वायरस के संकमण को देखते हुए इस बार मुस्लिम समुदाय के लोग घरों पर ही रहकर ईद की विशेष नमाज अदा कर रहे है

राज्यपाल कलराज मिश्र मुख्यमंत्री अशोक गहलोत उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट विधानसभा अध्यक्ष सी पी जोशी भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष डासतीश पूनियाँ सहित कई जनप्रतिनिधियों ने प्रदेशवासियों को ईद की मुबारकबाद दी है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपने संदेश में कहा कि ईद का यह त्यौहार रोजेदारों के लिए खुशियों का पैगाम लेकर आता है

मौसम विभाग ने पूर्वी पश्चिमी राजस्थान के कई जिलों में लू चलने की भी चेतावनी दी है विभाग से मिली जानकारी के अनुसार लू का दौर अगले चार पांच दिनों तक जारी रहेगा